प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि खरीफ की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का एक सौ पचास प्रतिशत किये जाने की घोषणा अगले सप्ताह कर दी जायेगी नई दिल्ली में उनके निवास पर मिलने आये करीब एक सौ चालीस गन्ना किसानों से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोन्द्रीय मंत्रिमंडल आगामी बैठक में दो हजार आठारह उन्नीस के खरीफ मौसम की फसलों के बारे में निर्णय लेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अगामी दो सप्ताह में दो हजार आठारह उन्नीस मौसम के लिए भी गन्ने के उचित और लाभदायी मूल्य की घोषणा कर दी जायेगी उन्होंने कहा कि यह मूल्य दो हजार सत्रह अठारह के मूल्य से अधिक होगा राज्य के पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने बिस्कोमान में बाईस करोड़ रूपये के पीएफ घोटाले के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है गौरतलब है कि तीस मई को कर्मचारी भविष्य संगठन ने बिस्कोमान में हुये पीएफ घोटाले से संबंधित लिखित शिकायत की थी इस मामले में पांच लोगों का नाम शामिल है मिशन दो हजार उन्नीस के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर ग्यारह जुलाई को बिहार आयेंगे इस दौरान भाजपा की कोर ग्रुप के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श करेंगे श्री शाह बिहार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे प्रदेश में फसलों की सिंचाई पर मिलने वाली सब्सिडी के लिये किसानों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन का सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है जिलों में राशि का आवंटन जाते ही किसानों के लिये इसे खोल दिया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि खरीफ फसलों के लिये तीस अक्टूबर तक डीजल खरीदने वाले किसान इसके हकदार होंगे उन्होंने कहा कि निबंधित किसानों को अधिकृत विक्रेता से प्राप्त डीजल खरीद की रशीद को विभागीय पोर्टल पर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इस वर्ष इंटर की परीक्षा पास करने वाली अविवाहित लड़कियों के बैंक खातों में पंद्रह जुलाई से दस हजार रूपये भेजे जायेंगे सरकार ने बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने और बेटियों को पढ़ाई के लिये प्रेरित करने के इरादे से यह योजना लागू की है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने हर हाल में तीस जून तक छात्रों से आवेदन लेने का निर्देश दिया है राज्य में इंटर कॉलेज और उच्च माध्यमिक स्कूल में नामांकन के लिये आज से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्यारहवीं कक्षा में राज्य के तीन हजार तीन सौ इंटरमीडिएट स्तर के शिक्षण संस्थानों में नामांकन होगा उन्होंने कहा कि नौ जुलाई तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे बोर्ड ने समस्याओं के त्वरित निदान के लिये हेल्प सेंटर नम्बर शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य शून्य शून्य नौ जारी किया है राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी जिले के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है इस संबंध में की गई कार्रवाई का निर्देश देते हुये विभाग ने सभी जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है इसके साथ ही इस वर्ष पंद्रह अगस्त तक हर हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख घरों को बनाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया है केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले साल तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने गुवाहाटी में एक समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि अब तक पैंतालीस लाख मकानों का निर्माण प्ररा हो चुका है श्री यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार बेघरों को दो हजार बाईस तक आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ने कहा कि देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में पचपन हजार करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किये गये हैं राज्य सरकार ने कई विभागों में अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है भूमि सुधार विभाग ने तैंतालीस भूमि सुधार उपसमहर्ताडीसीएलआर का तबादला किया गया है इधर स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में तैनात एक सौ पच्चीस चिकित्सकों का तबादला किया है इनमें सत्ताईस जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सोलह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आठ उपाधीक्षक अड़तीस सहायक अपर चिकित्सा पदाधिकारी बाईस जिला वेक्टा बॉर्न डिजीज नियंत्रण पदाधिकारी और चौंतीस अपर उपाधीक्षक शामिल हैं इन सभी को एक से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है वहीं समाज कल्याण विभाग ने एक सौ पचास बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित कई अधिकारियों का स्थानांतरण किया है पथ निर्माण विभाग ने संतानवे सहायक अभियंताओं को नई जिम्मेदारी दी है जबकि सहकारिता विभाग ने एक दर्जन से अधिक मुख्यायल के अलावा जिलास्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना के अनुसार शशि शेखर को पटना सदर और अखिलेश कुमार को पटना सिटी का नया डीसीएलआर बनाया गया है राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दो हजार चार सौ चौहत्तर पदों पर पंचायत उप चुनाव की तैयारी की समीक्षात्मक बैठक पटना में की बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारियों और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों से बात की और पंचायत चुनाव तैयारी का जायजा लिया गौरतलब है कि आठ जुलाई को मतदान होना है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में नामांकन और काउंसिलिंग के लिये पांच सौ उनतालीस अंक का कटऑफ जारी किया है जबकि निजी मेडिकल कॉलेज का समान्य कटऑफ पांच सौ छह अंक है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के लिये यह कटऑफ जारी हुआ है समान्य श्रेणी के वैसे छात्र जो पहले चरण की काउंसिलिंग में शामिल होंगे उनके लिये कटऑफ पांच सौ उनतालीस अंक है नामांकन के लिये अनुसूचित जनजाति का कटऑफ चार सौ चौबीस अनुसूचित जाति का तीन सौ तिरसठ अति पिछड़ा वर्ग का चार सौ तिरानवे पिछड़ा वर्ग का पांच सौ बाईस कटऑफ अंक निर्धारित किया गया है इसके अलावा सिख अल्पसंख्यक का एक सौ अस्सी और मुस्लिम अल्पसंख्यक का चार सौ अठासी अंक है पहले चरण में तीन जुलाई तक सरकारी जबकि चार और पांच जुलाई को निजी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिये काउंसिलिंग होगी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की नव निर्वाचित उपाध्यक्ष योशिता पटवर्द्वन का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है योशिता के खिलाफ विभिन्न छात्र संगठनों ने गलत तरीके से नामांकन करने का आरोप लगाया था आरोप सही पाये जाने के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति रासबिहारी प्रसाद ने संघ की उपाध्यक्ष का निर्वाचन रद्द कर दिया पटना सहित राज्य के कई इलाकों में बादल के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में छिटपूट बारिश की संभावना है विभाग ने दो जुलाई से चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज आंधी चलने की भी आंशका है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश हुयी है भागलपुर में सबसे अधिक तीस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं गंगा गंडक ब्रूढ़ी गंडक बागमती कोसी और अधवारा समूह नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में फिटनेस कैंप का पांचवां चरण पटना के माईनुलहक स्टेडियम में ग्यारह जुलाई से शुरू होगा संघ के सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि इस सात दिवसीय कैंप के लिये अड़तीस खिलाड़ियों का चयन किया गया है इधर पटना में आयोजित बीसीए अंडर टवेंटी थ्री इंटर जोन क्रिकेट का खिताब वेस्ट जोन ने जीत लिया है वहीं दूसरी ओर मधेपुरा से शुरू हुये बिहार राज्य सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में पटना सहित मधेप्रा लखीसराय और सहरसा की टीमों ने जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया